मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के विमागों का किया बंटवारा सुरेश खन्ना को वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा और आश्तोष टण्डन को मिला नगर विकास विभाग राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से गांवों को गोद लेने की अपील की कहा इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा की बदलेगी तस्वीर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार कल भी मनाया जायेगा जन्माष्टमी का पर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में पेरिस पहुंचें और पेरिस के निकट शतू द शोती का ऐतिहासिक दौरा किया तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मेक्रों से द्विपक्षीय वार्ता की वार्ता के बाद एक साझा बयान में राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का समाधान निकालना होगा और किसी तीसरे को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और फांस के बीच दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी है बल्कि यह स्वतंत्रता समानता और भाईचारे के ठोस सिद्वांतों पर आधारित है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश लगातार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और हमारा इरादा आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को व्यापक बनाना है श्री मोदी ने कहा कि फ्रांस और भारत जलवायु परिवर्तन पर्यावरण और प्रौद्योगीक समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हैं श्री मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समुद्व दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी इस यात्रा से समय की कसौटी पर खरे उतरे मित्र देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत बनाने और सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी इस बीच फ्रांस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर काफी उत्सुक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमण्डल के मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है मुख्यमंत्री के पास सैंतीस विभाग हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास अपने पहले के मंत्रालय मौजूद हैं जहां एक ओर सूर्य प्रताप शाही को कृषि कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान विमाग सुरेश खन्ना को वित्त संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा विमाग रमापति शास्त्री को समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण सतीश महाना को औद्योगिक विकास चेतन चौहान को सैनिक कल्याण होमगार्डस प्रान्तीय रक्षक दल नागरिक सुरक्ष दल विभागों का बंटावारा हुआ वहीं आश्तोष टण्डन को नगर विकास विभाग शहरी समग्र विभाग नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी को नागरिक उड्डयन राजनीतिक पेंशन अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ और हज विभाग सुरेश राणा को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें भूपेन्द्र सिंह चौधरी को पंचायती राज अनिल राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन सशक्तीकरण श्रीमती स्वाति सिंह को महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा विभाग कपिलदेव अग्रवाल को व्यावसायिक रिक्षा एवं कौशल विकास श्रीराम चौहान को उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात रवीन्द्र जायसवाल को स्टैम्प तथा न्यायालय श्क्ल एवं पंजीयन विभागों का प्रभार सौंपा गया है केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थॉवर चन्द गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये लगातार प्रयासरत है उनके लिये अनेक कल्याणकारी योजनाए चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कौशल विकास विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिये निश्ल्क कोविंग के साथ उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री ने कल कानप्र स्थित एलिम्को में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक केन्द्र के विस्तार और नवनिर्मित आवासीय परिसर भवन के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही इस मौके पर उन्होंने दिव्यांगजनों के स्वावलम्बन और सशक्तिकरण को दर्शाते एक प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किये पर्यावरण मंत्रालय ने वन भूमि पर स्थापित होने वाली पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट तीस हजार रुपये का पट्टा किराया वसूलने के अनिवार्य प्रावधान में ढील देने का निर्णय किया है केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया उन्होंने कहा कि इससे पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और बिजली की उत्पादन लागत में कमी आएगी फिलहाल अन्य तरह की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इस तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है केन्द्रीय उपमोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अब तक पचासी प्रतिशत राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है आकाशवाणी से विशेष मेंट में उन्होंने कहा कि जून दो हजार बीस तक एक राष्ट्र एक कार्ड योजना पूरे देश में लागू कर दी जाएगी

उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रदेश में उच्च शिक्षा की तस्वीर बदल जायेगी राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र आत्मविश्वास और कार्यक्शलता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिये तकनीक का प्रयोग करें तकनीक सफलता की राह को आसान बनायेगी मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं को तकनीक के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने की चर्चा भी की दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुये पद्मविभूषण नारायण मूर्ति ने युवाओं से नया भारत बनाने के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की अपील की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कल लखनऊ में दूरदर्शन मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाईयों की समीक्षा बैठक की बैठक में दूरदर्शन केन्द्र आकाशवाणी पत्र सूचना कार्यालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो और सीसीड़ब्यू के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में श्री खरे ने मीडिया इकाईयों को जिला स्तर की विभिन्न समस्याओं और उपलब्धियों को उजागर करने के लिये राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाने पर जोर दिया जिससे दूरदर्शन और आकाशवाणी लोक प्रसारक होने के नाते बेहतर काम कर सके मंत्रालय की यह पक्की सोच है कि दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती पक्लिक ब्राड कास्टर के रूप में स्टर्नस के रूप में रहते हुए अच्छे से अच्छा कार्य करे और इसलिए यह विचार किया जा रहा है कि किसी भी ब्राडकास्ट चाहे वह पक्लिक ब्राडकास्ट हो प्राइवेट ब्राइकास्ट हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कंटेंट क्या है और कंटेंट के लिये एक क्रियेटिव लेवल की टीम बनाई जाये यह प्रसार भारती बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह भी इस पर काम कर रहे हैं कि हर चैनल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाये प्रदेश भर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है जन्माष्टमी कल भी मनाई जाएगी विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और जीवन से जुड़ी झांकियां सजाई गई हैं लोगों ने अपने घरों में भी झांकियाँ सजाई हैं जहां मव्यरात्रि को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का विशेष उत्साह है मथुरा के विभिन्न मंदिरों में आज से लेकर कल तक विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे मथ्रा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्वाल वहां पहंच रहे है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस विमाग में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भव्यता के साथ पूरी शालीनता बरतते हुए मनाए जाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सीवर की सफाई के दौरान पांच सफाई कर्मियों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की मृख्यमंत्री ने जल निगम के प्रबंध निदेशक को सभी मृतकों के परिजनों को दस दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता अविलम्ब प्रदान करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रबंध निदेशक को घटना के कारणों की जांच कर दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं गाजियाबाद के नगराम क्षेत्र में एक सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने से इन श्रमिकों की मौत हो गई थी वाराणसी के रामनगर स्थित छत्तीसवीं वाहिनी के मैदान में आयोजित चार दिवसीय अंतर वाहिनी पी ए सी पूर्वी जोन प्रतियोगिता सम्पन्न हो गयी प्रतियोगिता में बॉलीबाल हैण्डवाल बास्केटबाल और योग का आयोजन किया गया